केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ आज अजमेर जयपुर अजमेर डेमू रेल को फुलेरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी तथा कुछ स्थानों पर बारिश और ओले गिरने से राज्य में ठण्ड का असर फिर बढा

संसद के केन्द्रीय कक्ष में गणमान्य व्यक्तियों ने सुभाष चन्द्र बोस को पुष्पाजंलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लालकिले में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उदघाटन किया इसमें नेताजी के जीवन से जुड़ी चीजों को दर्शाया गया है इस संग्रहालय का नाम कांति मंदिर रखा गया प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी को पुष्पाजंलि अर्पित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट संदेश में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को नमन किया

इसमें भारत की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया गया तथा विभिन्न झांकियों के द्वारा देश में हुए विकास कार्यो को दर्शाया गया रिहर्सल परेड में तीनों सेनाओं के अलावा एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा होंगे गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए प्रदेश में भी सतर्कता बरती जा रही है जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए राजकीय रेलवे पुलिस के साथ विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों ने कल सघन जांच की राजधानी जयपुर में भी सुरक्षा व्यवस्थायें कड़ी कर दी गई है

इसरो सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि गिनती की अवधि और समय का फैसला दोपहर बाद किया जाएगा यह इसरो का इस वर्ष का पहला प्रक्षेपण होगा

हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि शहर में स्वास्थ्य दल मुस्तैदी से काम कर रहे है तथा इसमें लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है

पाली जिले में भी स्वाईन फ्लू का एक नया मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघ् शर्मा ने कल अभियान के पहले दो दिनों की प्रगति की जानकारी ली तथा स्क्रीनिंग की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा स्क्रीनिंग के काम में लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी

यह मन की बात कार्यक्रम इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

राष्ट्रपति विश्वभर से आये भारतीय मूल के तीस प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे सम्मेलन में पांच हजार से अधिक भारतीय मूल के प्रवासी भाग ले रहे हैं

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही डेमू रेल मदार जंक्शन किशनगढ़ तिलोनिया गहलोता साखुन नरेना फुलेरा हिरनोदा ढींढा आसलपुर जोबनेर धानक्या और कनकपुरा रेलवे स्टेशन पर रूकेगी

कुछ स्थानों पर ओले गिरने और कई स्थानों पर बारिश होने से ठण्ड का असर एक बार फिर से बढ़ गया है सर्द हवाओं से ठिद्रन में बढ़ोतरी हई है

घायलों की हालत नाजुक बताई गई है वहीं उदयपुर के अम्बामाता थाने के पास स्कूटी पर जाते एक अज्ञात वाहन चालक की डिवाईडर से टकराने से र्मात हो गई एक अन्य हादसे में उदयपुर के ही धरियावद के निकट सड़क पार करते छात्र की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई

इसमें बेरोजगार युवक युवतियों के लिये निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये चयन किया जायेगा राजस्थान कौशल विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिये आवेदन भी भरवाये जायेंगे